मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकार सैनिकों के कल्याण और उनके सम्मान की रक्षा के लिये संवेदनशील है उन्होंने कहा कि सेना के मौजूदा और पूर्व सैनिकों के हित में पूरी प्रतिबद्वता के साथ काम किया जा रहा है श्री योगी आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के ग्यारह अमर शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार समूह ब और स श्रेणी की नौकरियों में पांच प्रतिशत पदों पर पूर्व सैनिकों को आरक्षण के आधार पर नियुक्ति देने के लिये प्रभावी ढंग से प्रयास कर रही है श्री योगी ने कहा कि सैनिकों के कल्याण और उन्हें सुविधायें देने के लिये साढ़े पांच करोड़ रूपये से प्रयागराज मेरठ कौशाम्बी और मऊ में सैनिक कल्याण कार्यालय और विश्राम गृहों का निर्माण कराया जा रहा है जबकि नौ ज़िलों में साढ़े तीन करोड़ रूपये की लागत से सैनिक विश्राम गृहों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन यापन के लिय तीन लाख रूपये तक के बैंक ऋण पर चार प्रतिशत ब्याज भी सरकार वहन करेगी

उन्होंने कहा इसके साथ ही डिफेन्स कॉरीडोर में निवेश भी बढ़ेगा जिससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे उपमुख्यमंत्री डॉदिनेश शर्मा ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया है कि वे नागरिकता संशोधन कानून के बारे द्रष्प्रचार कर देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं डॉ शर्मा ने आज हरदोई ज़िले के बरवन गांव में आयोजित कम्बल वितरण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश के चहमुखी विकास के लिये काम किये जा रहे हैं जिससे विपक्षी पार्टियां परेशान हैं उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून कूछ पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का शिकार अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिये बनाया गया है इस कानून का उददेश्य किसी को नागरिकता से वंचित करना कतई नहीं है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जरूरतमंदों को कम्बल बांटे जाने के आहवान के क्रम में यह कार्यक्रम स्वैच्छिक संस्था मीरादेवी अवध विहारी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया था इस मौके पर राज्य के महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह स्थानीय विधायक माधवेन्द्र प्रताप सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्र भी मौजूद थे

यह जानकारी अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने आज लखनऊ में दीं

सुश्री कुमार ने बताया कि इस परीक्षा का परिणाम सात फरवरी को घोषित किया जायेगा गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुये बाइस दिसम्बर को आयोजित होने वाली यह पात्रता परीक्षा स्थगित कर दी गई थी आज विश्व ब्रेल दिवस है

यह दिन दृष्टिबाधित या आंशिक रूप से दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को मानवाधिकार प्रदान करने और संचार क माध्यम के रूप में ब्रेल लिपि के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है ब्रेल लिपि के छह बिन्दुओं के माध्यम से दृष्टिबाधित दिव्यांगजन अपनी हाथों की उंगलिया के सहारे से संगीत साहित्य कला गणित विज्ञान की दुनिया को महसूस कर पाते हैं फ्रांस के लुई ब्रेल ने इस लिपि का विकास किया था

भारतीय जनता पार्टी नागरिकता संशोधन कानून पर विपक्षी दलों का सामना करने के लिये पूरी तरह तैयार है पार्टी ने कल से नये कानून के समर्थन और विपक्ष के दुष्प्रचार को विफल बनाने के क्रम में राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अभियान में कई मंत्री नेता आर पदाधिकारी शामिल होंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में अभियान की शुरुआत करेंगे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजियाबाद में रहेंगे

पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बरेली में रहेंगे प्रदेश में अभियान के प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ल के अनुसार केन्द्रीय मंत्री एमए नकवी रामपुर में और धर्मेन्द्र प्रधान वाराणसी में अभियान में शामिल होंगे प्रदेश सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक सुरेश राणा सुरेश खन्ना डॉक्टर महेन्द्र सिंह सहित अन्य मंत्री विभिन्न जगहों पर रहकर अभियान में शामिल होंगे एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मेरठ और मुजफ्फरनगर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुये हिंसक प्रदर्शनों के दौरान मारे गये लोगों के परिजनों से आज मुलाकात की

मेरठ में प्रदर्शन के दौरान पांच लोगों की मौत हुई थी झांसी ज़िले के बरूआ सागर क्षेत्र में एक हादसे में पांच मजदूरों की मृत्यु हो गई ह और सात अन्य घायल हो गये यह दुर्घटना आज उस समय हुई जब लक्ष्मणपुरा स्थित कैलाश स्टोन क्रेशर की निर्माणाधीन दीवार गिरने से वहां काम कर रहे कई मजदूर मलबे में दब गये पुलिस ने राहत कार्य के दौरान घायल मजदूरों को मलबे से बाहर निकाल कर स्थानीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुये शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनायें व्यक्त की है उन्होंने जिला प्रशासन को घायलों के समूचित इलाज की व्यवस्था करने तथा पीड़ितों को जरूरी आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया है इस बीच ज़िलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने कहा है कि घटना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद जल्द ही मूआवजे की घोषणा की जायेगी राजधानी लखनऊ बलरामपुर सहित राज्य के कई जनपदों में आज निकली धूप से लोगों को ठंड से राहत मिली वहीं कौशाम्बी और प्रतापगढ़ जिलों में बादल छाये रहने तथा हल्की बूंदाबांदी की वजह से ठंड का प्रकोप जारी है इस बीच मौसम विभाग ने अलीगढ़ गौतमबुद्धनगर और बुलंदशहर सहित राज्य के कई जनपदों में आगामी कुछ घंटों में बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान व्यक्त किया है राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं की शिकायत पंजीकृत करने के लिये थानों में अलग व्यवस्था की सिफारिश की है आयोग के सदस्य परविन्दर सिंह ने आज प्रतापगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हये कहा इस नई व्यवस्था के बारे में प्रमुख सचिव गृह से जल्द ही विस्तृत बातचीत की जायेगी ताकि इसे प्रदेश के सभी थानों में शीघ्र लागू किया जा सके श्री सिंह ने बताया कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये कई काम कर रही है और कई केन्दोय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है अल्पसंख्यकों के आर्थिक उन्नयन के उद्देश्य से प्रदेश के अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम को बारह साल बाद पुनः सक्रिय कर दिया गया है निगम के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग के युवक और युवतियों को स्वरोजगार के लिये बीस लाख रूपये तक का ऋण रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जायेगा पौराणिक नगरी प्रयागराज में संगम पर इस वर्ष आगामी दस जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले में हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की गई है मेला पुलिस अधीक्षक प्रजा यादव ने बताया कि आतंकी गतिविधियों की आशंका के मद्देनज़र पूरे मेला क्षेत्र में एसटीएफ और स्पेशल टॉस्क फोर्स की एक एक युनिट अपने कमांडो के साथ तैनात रहेंगे सम्पूर्ण मेला क्षेत्र ड्रोन के साथ साथ एक सौ चौहत्तर सीसीटीवी कैमरे की परिधि में रहेगा तैंतालीस दिनों तक जारी रहने वाले इस माघ मेले में तेरह पुलिस थाने अड़तीस पुलिस चौकियां और तेरह फायर स्टेशन स्थापित किये गये हैं